होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट पर कल होने वाले मतदान के लिये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं

ढोल बजाकर एवं अन्य माध्यमों से मतदाताओं को मतदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पर दिव्यांगजनों बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं के लिये सुगम्य मतदान की दृष्टि से घर से घर तक की सुविधा प्रदान की जाएगी चुनाव प्रचार प्रदेश में लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान के मददेनजर विभिन्न राजनैतिक दल और उनके वरिष्ठ नेता प्रचार कर रहे है इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज सागर में चुनावी सभा प्रस्तावित है श्री मोदी सागर के बाद ग्वालियर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह राजगढ गुना और विदिशा में केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी इंदौर उज्जैन में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ विदिशा और रायसेन जिलों में चुनावी सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोपाल में प्रेस कांफ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पैत्रोदा ने इंदौर में कहा कि पिछले पांच सालों में कोई काम नहीं हुआ है भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीद्वार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अलग अलग स्थानों पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं

चुनाव तैयारी बातचीत प्रदेश में चुनावी तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता संजीव शर्मा प्रदेष के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वीएल कान्ता राव से बातचीत की

इसे आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे मौसम उडीसा में आए दुर्लभतम श्रेणी के चकवाती तूफान फोनो अब बांग्लादेश की तरफ बढ गया है लेकिन इसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में कई परिवर्तन महसूस किये गये है आज राजधानी भोपाल में बादलो की आवाजाही बनी रही वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की कही कहीं बूंदाबादी होने की संभावना है

यह प्रतिबंध उम्मीदवार और उनके एजेन्ट पर लागू नहीं होगें